निजी अस्पताल हाईकोर्ट प्रदेश के निजी अस्पतालों के लिए उच्च न्यायालय एक गाइडलाइन्स बनायेगा जिसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कोई भी मरीज पैसों के अभाव में इलाज से वंचित न रह जाये एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अजय क्मार मित्तल और न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इसके लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को अदालत मित्र के रूप में नियुक्त किया है साथ ही युगलपीठ ने केन्द्र और राज्य सरकार के पैरोकारों को भी गाइडलाइन्स के बारे में सुझाव देने को कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला हाईकोर्ट जबलपुर को भेजा था यहाँ उसकी सुनवाई जनहित याचिका के रूप में की जा रही है

इसके बाद ग्वालियर में आज शाम से एक सप्ताह तक पूरी तरह लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है इस दौरान किसी भी तरह के समारोह का आयोजन नहीं होगा जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी

पन्ना जिले से आज एक अच्छी खबर मिली हैं

जबलपुर में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने के निर्देश जारी किए गये थे लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है

कटनी में छह और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गये

सागर जिले में चार और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गये

श्री चौहान ने यह घोषणा हाटपिपल्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की जयंती पर उनकी प्रतिमा अनावरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही मुख्यमंत्री ने कहा कि बागली को जिला बनाने की मांग औचित्यपूर्ण और काफी पुरानी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बागली को जिला बनाने की आवश्यक कार्यवाही जल्दी ही शुरू करेगी कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैलाश जोशी के व्यक्तिव के बारे में कहा कि उन्होंने सदैव मूल्यों की राजनीति की

इसमें बजट संबंधी कार्य पूर्ण किए जाएंगे डॉ मिश्रा ने भोपाल में पत्रकारों को बताया कि सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा

आज विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि आमजन के लिए निरंतर पेयजल सुलभ होता रहे यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है

इन डिब्बों में बिना हाथ लगाए चलाने वाले उपकरण लगाए गये हैं यह व्यवस्था यात्रियों को कोविड के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए की गई है रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह विशेष रेल डिब्बे कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में डिजाइन किए गए हैं इनमें पैर से चलाए जा सकने वाले नल और सोप डिस्पेंसर शौचालय के पैर से खोले जा सकने वाले दरवाजे पैर से चलाए जा सकने वाले फ्लशवॉल्व और पैर से चलाए सकने वाले नल लगे वॉशबेसिन शामिल हैं मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है भोपाल में उमसभरी गर्मी के बाद शाम को तेज बारिश हुई

भोपाल जबलपुर और होशंगाबाद रीवा शहडोल उज्जैन इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी है उमरिया जिले मे गरज के साथ रिमझिम बारिश का दौर जारी है

इसके तहत महिला अपराध सहित शहर में हो रहे अवैध कार्य से संबंधित शिकायत पुलिस मित्र हेल्पलाईन नंबर पर की जा सकेगी जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों में नियंत्रण के लिए पुलिस मित्र योजना शुरू की गई हैं